उन्होंने कोविड अस्पतालों में शैयाओं की संख्या में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि शैयाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ अस्पतालों में सभी आवश्यक मेडिकल उपकरण और मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चत की जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में संचारी रोगों के नियंत्रण में काफी अच्छी सफलता मिली है उन्होंने एईएस और जापानी इंसेफ्लाइटिस सहित विभिन्न वैक्टर जनित रोगों के नियंत्रण में सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्य को पूरी तेजी से जारी रखने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री लखनऊ में संचारी रोगों के नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को गुणवत्ता परक चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिये कार्य योजना बनाकर काम कर रहो हैं जन जागरण और जन सहभागिता क माध्यम से लोक स्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबो के स्वावलम्बन केन्द्र का आन लाइन शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर से जूड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और स्टाटअप की स्थापना करने में सहूलियतें मिलेंगी जिससे राज्य के अन्दर एक नई कार्य संस्कृति देखने को मिलेगी मूख्यमंत्री कहा कि सिडबी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन वित्त पोषण और विकास के लिये कार्य करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा युवाओं के अभिनव विचारों को साकार करने के लिये स्टाटअप इंडिया और स्टंडअप इंडिया तथा मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को लगातार बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि स्टाटअप के क्षेत्र में इनोवेशन का बहुत महत्व है इंनोवेशन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की असीम क्षमता है राज्य सरकार युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता बनाने के लिये काम कर रही है फिल्म जगत ने फिल्मों और टेलोविजन कार्यक्रमों की शूटिंग शुरु करने की अनुमति देने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है जाने माने फिल्म निर्माता सुभाष घई ने इस निर्णय के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म और टेलिविजन कार्यक्रमों की शूटिंग शुरु करने के संबंध में कल दिशानिर्देश जारी किए थे

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिये हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की पगति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिये सभी प्रस्तावित कार्य निर्धारित अवधि में पूरे कर लिये जाये इसके लिये रक्षा मंत्रालय और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्रवाई की जानी है उसे समय सारिणी के अनुसार प्ररा किया जाये उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के लिये जो भी घोषणाएं हुई है और लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उन्हें हर हाल में प्राप्त करना है रक्षामंत्री ने लखनऊ और आगरा में डिफेंस कारिडोर के लिये भूमिअधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने के लिये कहा

वहीं स्वस्थ होने वालों की बढती दर के साथ ही देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया है इस समय भारत में कोविड मरीजों की मृत्यु दर एक दशमलव आठ पांच प्रतिशत है इस समय भारत विश्व में सबसे कम मृत्युदर वाले दशों में शामिल है

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में मृत्यु दर एक दशमलव पांच सात प्रतिशत है

समाप्त